रजिस्ट्रेशन निरस्त भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदेश की पन्द्रह नानबैंकिंग फायनेंशियल कंपनी के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिये हैं इस संबंध में भोपाल स्थित मंत्रालय ने हाल ही में हुई पैतीसवीं राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है रिजर्व बैंक ने नागरिकों को आगाह किया है कि बैंक द्वारा कभी भी मोबाइल फोन पर किसी तरह के ई मेल एसएमएस और फोन काल के द्वारा बैंक खाते संबंधी व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेता है इसलिए इस तरह के फोनकाल से सावधान रहें

श्री गांधी ने आज उज्जैन में एक जनसभा को सम्बोधित किया इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर दस दिनों में किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश की उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि क्षिप्रा नदी की सफाई में करोडों रुपये खर्च करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि उज्जैन के टेक्सटाइल इण्डस्ट्री को कांग्रेस की सरकार बनने पर दोबारा चालू किया जायेगा इसके बाद श्री गांधी ने आदिवासी बहुल झाबुआ में भी आमसभा को संबोधित किया अब से कुछ देर बाद श्री गांधी इन्दौर में रोड शो के बाद राजवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगें कल सुबह श्री गांधी इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के बाद व्यापारी वर्ग से मुलाकात करेंगे वे कल धार और खरगौन में आमसभा को संबोधित करेंगे शाम को महू पहुंचकर अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री गांधी शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे स्वीप अभियान प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित करने के उद्वेश्य से देवास जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

श्री चौहान ने नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी कार्यकमों की जानकारी दी यह अभियान एक नवंबर तक चलेगा इस दौरान पार्टी के नेता जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क स्थापित करेंगे वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल के कोलार मण्डल में जनसंपर्क किया फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी राजधानी में चल रहे तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में मतदान का प्रतिषत बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कल तीस अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत साहसिक खेल हॉट एयर बेलून एयरो माडलिंग कमांडो ड्रिल तीरंदाजी रायफल शूटिंग वाल क्लाइबिंग वाटर रोलर पेरामोटर और पैरा सेलिंग आदि का आयोजन किया जा रहा है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ ही तीन दिवसीय काइट फेस्टिवल भी चल रहा है

चुनाव समीक्षा बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव कल सुबह साढ़े दस बजे से होटल लेकव्यू अशोका में संभागायुक्तों के साथ विधान सभा चुनाव के संबंध में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा करेंगे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विकास नरवाल ने बताया है कि राज्य में संभाग स्तर पर स्वीप गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वीप के सघन अभियान के लिये नगर निगम आयुक्त संभाग स्तरीय स्वीप के नोडल अधिकारी और सोशल मीडिया के नोडल अधिकारियों को भी बुलाया गया है वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव और लोकेश जाटव विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिलों में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे से वीडिया कान्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे सतर्कता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाने के लिए आज से देश भर में सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है इस सप्ताह का विषय है भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो बैंको जैसे संगठनों में लोक कार्मिको द्वारा शपथ लेने के साथ हुई

इस कार्यशाला का उद्देश्य मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की खबरों के निष्पक्ष और संतुलित कवरेज के लिए संवाददाताओं को मार्गदर्शन देना था कार्यशाला में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार जैन निर्वाचन कार्यालय में ओएसडी भुवन गुप्ता समाचार सेवा प्रभोग नई दिल्ली मे अपर महानिदेशक आकाश लक्ष्मण आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार तथा माध्यम के संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह ने अपने संबोधन में संवाददाताओं को चुनावी कवरेज से जुड़ी विभिन्न जानकारी से अवगत कराया कार्यशाला में विषय प्रवर्तन संजीव शर्मा और आभार प्रदर्शन परितोष दीक्षित ने किया राजनीतिक दल समय मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सात मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार का समय आज आवंटित किया गया उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश श्रीवास्तव तथा इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ड्रा के माध्यम से समय आवंटन किया गया आकाशवाणी पर यह प्रसारण सोलह नवम्बर से चौबीस नवंबर के बीच होगा मतदाता जागरूकता प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है होशंगाबाद जिले में महिला मतदाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं इसी कम में जिले की बावई में परियोजना अधिकारी वीणा बौरासी पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला मतदाताओं से संवाद कर उन्हें मतदान का महत्व समझाया इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लोकतंत्र में हर वोट के महत्व को समझाते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ ही परिजनों और पड़ौसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की

इसी तरह शिवपुरी जिले में नोडल अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन कार्य हेतु सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा की गई इस दौरान अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेतु आयोजित होने वाली स्टेडिंग कमेटी की बैठकों में नोडल ऑफिसर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे जिससे संबंधित नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दे सके

इसके लिए सभी ग्राम पंचायत मे नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं जिला मुख्यालय उमरिया स्थित स्टेडियम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल दीप जलाकर मतदान का संदेश दिया गया

आयोग की भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार ग्वालियर के शेल्टर होम स्नेहालय की गंभीर बीमारी से पीड़ित दिव्यांग युवती को स्वस्थ बताकर अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद उसकी मौत हो जाने के मामले को गंभीरता से लिया है आयोग ने मामले में महिला और बाल विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से मृतका के उपचार से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा है वहीं पन्ना जिले में अपात्रों के मजदूरी और गरीबी रेखा के कार्ड बनने और पात्र मजदूरों को कार्ड बनाने के लिए परेशान होने के मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर से एक माह में प्रतिवेदन मांगा है इसके साथ ही आयोग ने बालाघाट में बिना अनुमति के मोबाइल टावर लगाने सागर जिले के बण्डा स्थित शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास में अव्यवस्थाओं जैसे अन्य मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधितों से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है